आज राजनांदगांव जिले के खुज्जी में चुनाव सभा को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता नक्सलवाद को क्रांति कहते हैं उन्होंने कहा कि क्रांति खून बहाकर या बम धमाके करके नहीं होती है बल्कि गरीबों को चावल गैस चूल्हा बिजली आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं देने से होती हैं श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस को नक्सलवाद में क्रांति दिखाई देती है जबकि भारतीय जनता पार्टी विकास को ही क्रांति मानती है श्री शाह ने आज खैरागढ़ और कोंडागांव में भी चुनावी सभाओं को संबोधित किया दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने आज जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में अपनी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में आमसभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में लोगों को नक्सलवाद और हिंसा के रास्ते पर ले जाने के लिए राज्य में अब तक रही दलित और आदिवासी विरोधी सरकारें जिम्मेदार हैं उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के गठबंधन की यदि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है तो गरीबों आदिवासियों मजदूरों किसानों सहित सभी वर्गो का विकास होगा और मजबूरी में नक्सली बने लोग अपने आप सही रास्ते पर आ जाएंगे दूसरी ओर कांग्रेस के स्टार प्रचारक अभिषेक मनु सिंघवी भी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए आज रायपुर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री सिंघवी ने आरोप लगाया कि बीते पंद्रह सालों में प्रदेश का विकास नहीं हुआ और छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा है

जिन अट्ठारह विधानसभा क्षेत्रों में बारह नवंबर को प्रथम चरण के तहत मतदान होना है वहां च्नाव प्रचार तेज हो गया है विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता अपनी पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं करने के लिए लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं उधर आम आदमी पार्टी राज्य में झाड़ चलाओ भ्रष्टाचार भगाओ यात्रा का दूसरा चरण नो नवंबर से शुरू कर रही है यात्रा की शुरुआत दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया करेंगे वे अंतागढ़ और भानुप्रतापपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे

प्रथम चरण के लिए अट्ठारह सीटों के लिए बारह नवंबर को और दूसरे चरण के लिए शेष बहत्तर सीटों के लिए बीस नवंबर को मतदान होगा निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं मतदान दलों के क्या कर्तव्य होते हैं मतदान करने के लिए मतदाता के पास किन दस्तावेजों का होना जरूरी है ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने आकाशवाणी समाचार को एक साक्षात्कार के माध्यम से दिया है आकाशवाणी के समाचार संपादक विकल्प शुक्ला द्वारा बातों बातों में कार्यक्रम के तहत लिए गए इस साक्षात्कार का प्रसारण आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र द्वारा दो कड़ियों में किया जाएगा इस कार्यक्रम की पहली कड़ी आज शाम साढ़े आठ बजे प्रसारित की जाएगी इसे आकाशवाणी के छत्तीसगढ़ स्थित सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे मतदाता जागरूकता अभियान इस बीच प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसी कड़ी में बेमेतरा जिले में स्वीप के तहत मशाल रैली दीपदान और रंगोली प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिला निर्वाचन अधिकारी महादेव कावरे के मार्गदर्शन में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने का संदेश जन जन तक पहुंचाया जा रहा है जिले के बेरला साजा नवागढ़ और बेमेतरा विकासखंड के विभिन्न गांवों में एक दीप मतदान के नाम जलाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है बेरला ब्लॉक के सांकरा गांव में महिलाओं ने मशाल रैली भी निकाली मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत सरगुजा जिले के जिन मतदान केन्द्रों में पिछले विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम था वहां इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसके तहत मतदाता रथ निकाला गया जिसमें रोचक खेल भी खेले गए इस दौरान ईव्हीएम और वीवीपैट मशीन के जरिये मतदान किस तरह से किया जाए इसकी भी जानकारी लोगों को दी गई राज्योत्सव समापन छत्तीसगढ़ को विकास के शिखर तक ले जाने के संकल्प के साथ राज्योत्सव का बीती रात समापन हो गया राजधानी रायपुर के अटल नगर स्थित पंडित श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्योग और व्यापार परिसर में बीते एक नवम्बर से राज्योत्सव शुरू हुआ था समापन समारोह के मुख्य अतिथ छत्तीसगढ़ लोक आयोग के प्रमुख लोकायुक्त न्यायमूर्ति टीपी शर्मा थे समारोह को संबावेधित करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और अट्ठारह वर्ष की छोटी अवधि में ही इस राज्य की देश विदेश में एक अलग छवि स्थापित हई है राज्योत्सव प्रदर्शनी में ईव्हीएम और मतदाता सेल्फी जोन लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना रहा यहां भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता से संबंधित स्टाल लगाया गया था जहां आम नागरिकों और स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों ने मतदान संबंधी अपनी जिज्ञासाएं शांत की स्टॉल में मतदाता जागरण से संबंधित बैनर और पोस्टर लगाए गए थे इसके साथ ही मतदान कोन्द्रों में स्थापित की जाने वाली ईव्हीएम और वीवीपैट का भी स्टॉल में प्रदर्शन किया गया था मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने कल स्टॉल का निरीक्षण किया उन्होंने प्रदर्शनी देखने आए लोगों को मताधिकार का महत्व बताया और भय मुक्त होकर बिना किसी दबाव या प्रलोभन के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की आईईडी बरामद बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र के लिंगागिरी गांव में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा लगाया गया पंद्रह किलो का आईइडी बरामद किया है पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने इस घटना की जानकारी दी माओवादियों ने यह प्रेशर बम सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाया था जिला पुलिस बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने इस आईईडी को बरामद किया

धनतेरस के दिन समृद्धि और खुषहाली के लिए भगवान कुंबेर की उपासना की जाती है इसके अलावा स्वस्थ्य रहने के लिए आयुर्वेद के जनक भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना भी होती है धनतेरस के मौके पर खरीदी का विषेष महत्व माना जाता है इसे देखते हुए राजधानी रायपुर सहित प्रदेषभर के बाजारों में खासी रौनक देखी जा रही है

इस दौरान आम नागरिक शाम पांच से रात आठ बजे तक राजभवन का भ्रमण कर सकेंगे